महाअष्टमी के मौके पर माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की हुई विशेष पूजा अर्चना

मी टू अभियान के तहत कथित तौर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगने के बाद केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है उन्होंने प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा भेज दिया है श्री अकबर पर बीस महिलाओं ने यौन शोषण का आरोप लगाया है श्री अकबर ने इस्तीफे के बाद कहा कि वह अपने ऊपर लगे आरोपों के लिये निजी तौर पर अदालत में मुकदमा लड़ेंगे उन्होंने यौन द्वर्व्यवहार के आरोपों को झूठा बताया है शारदीय नवरात्र के आठवें दिन आज पूरे प्रदेश में भक्तिभाव से देवी दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि मंदिरों और शक्तिपीठों में महाअष्टमी के मौके पर पूजा अर्चना के लिये सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ रही है सहरसा के उग्रतारा स्थान दरभंगा के श्यामा मंदिर और मुंगेर के चंडिकास्थान सहित अन्य शक्तिपीठों में भक्तों का तांता लगा हुआ है राजधानी पटना के डाकबंगला चौराहा बेली रोड कदम कुआं बंगाली अखाड़ा पटना सिटी और राजाबाजार समेत अन्य जगहों पर बने पूजा पंडालों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है रंग बिरंगी रौशनी की सजावट लोगों के आकर्षण का केन्द्र बनी हुई है

प्रमुख चौक चौराहों पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है पंडालों के आस पास महिला पुलिस बलों को तैनात किया गया है संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी भी की जा रही है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महाअष्टमी के मौके पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं अपने ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि माँ दुर्गा सभी लोगों के जीवन में खुशियां लाये और समाज से बुराई का अंत हो राज्यपाल लालजी टंडन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने मां दुर्गा से राज्य की सुख शांति और समृद्धि की कामना की है महाअष्टमी के अवसर पर मूख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छोटी पटनदेवी मंदिर में माँ दूर्गा के दर्शन कर प्रजा अर्चना की मुख्यमंत्री के साथ पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव भी मौजूद थे प्रवर्तन निदेशालय ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह की चौंतीस लड़कियों से कथित यौन शोषण मामले में धनशोधन का मामला दर्ज किया है निदेशालय जल्द ही इस मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर की दो करोड़ पैंसठ लाख रूपये से अधिक मुल्य की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई करेगा आर्थिक अपराध इकाई ने इस संबंध में प्रवर्तन निदेशालय को प्रस्ताव भेज दिया है प्रवर्तन निदेशालय यह भी जांच करेगा कि बालिका गृह के लिए धन कहां कहां से आ रहा था और उसका कैसे इस्तेमाल किया जा रहा था सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ब्रजेश ठाकुर ने अपने अलग अलग एनजीओ के माध्यम से लगभग बीस करोड़ रूपये की अवैध संपत्ति अर्जित की है महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा है कि बाल यौन उत्पीड़न का शिकार व्यक्ति किसी भी समय शिकायत दायर कर सकता है चाहे उसकी मौजूदा आयु कुछ भी हो उन्होंने कहा कि ऐसे सभी मामलों की सूचना पॉक्सो ई बॉक्स के जरिए दी जा सकती है गौरतलब है कि बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षित रखने से संबंधित कानून पॉक्सो नवम्बर दो हजार बारह में लागू हुआ था इस कानून में अठारह वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बच्चे के रूप में परिभाषित किया गया है और बच्चों को यौन उत्पीड़न यौन शोषण और अश्लील गतिविधियों से बचाने के प्रावधान शामिल हैं आयुष्मान भारत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इन्दूभूषण ने कहा है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य और बीमा क्षेत्र में दस लाख रोजगार पैदा होंगे इस योजना से सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा श्री भूषण ने कहा कि इस योजना के तहत गरीब और वंचित वर्गों के साढ़े दस करोड़ से अधिक परिवारों को उपचार के लिए पांच लाख रुपये सालाना का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा

केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी ने कहा कि बिहार समेत देश के अन्य भागों में भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े सभी जगहों को जोड़ने के लिए बौद्ध सर्किट परियोजना का काम दो हजार बीस तक पूरा कर लिया जायेगा श्री गड़करी ने आज कहा कि इस परियोजना पर लगभग दस हजार करोड़ रुपये की लागत आने की संभावना है इसके तहत राज्य के वैशाली पटना बोधगया राजगीर नालंदा कहलगांव और विक्रमशिला के बौद्व स्थलों को आपस में जोड़ा जायेगा प्रदेश में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है पीएमसीएच में अब तक तीन सौ दस से अधिक मरीजों के डेंगू रोग से पीड़ित होने की पुष्टि हुई है पीएमसीएच में लगातार डेंगू के मरीज आ रहे हैं पीएमसीएच और आईजीआईएमएस के दो दो डॉक्टरों को भी डेंगू हो गया है प्रदेश में डेंगू से अब तक तीन लोगों की मौत हो चुकी है पटना नगर निगम के अपर नगर आयुक्त विशाल आनंद ने कहा है कि डेंगू से प्रभावित इलाकों में लगातार फॉगिंग मशीनों से छिड़काव किया जा रहा है बिहार के लोग स्वच्छता मिशन में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं पश्चिम चंपारण जिले के लौरिया प्रखण्ड में इस अभियान से लोगों में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है

गांव की मीरा देवी कहती हैं कि शौचालय का निर्माण हो जाने से काफी सहूलियत हो रही है

हज दो हजार उन्नीस के लिए इच्छुक आवेदक कल से ऑनलाइन आवेदन कर सकेगे जबकि ऑफलाइन प्रक्रिया बाईस अक्टूबर से शुरू होगी अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि इस वर्ष बिना किसी सब्सिडी के भारत से रिकॉर्ड डेढ़ लाख की संख्या में लोगों ने हज किया है जमुई जिले के सिकन्दरा थाना के सिकन्दरा बाजार से पुलिस ने तिहत्तर बोतल विदेशी शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है वहीं शेखपुरा जिले के अरियरी थाना क्षेत्र के करीमाबिघा गांव से पुलिस ने तीस लीटर देशी शराब के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया है वरिष्ठ पत्रकार मृत्युंजय मानी को बिहार राज्य वन्यप्राणी पर्षद का सदस्य मनोनीत किया गया है नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर आरके सिन्हा समेत बारह अन्य को भी इस पर्षद का सदस्य मनोनीत किया गया है वन्य पर्षद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं बेगूसराय के पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने बताया कि जिले के विभिन्न स्थानों पर पुलिस ने छापेमारी कर तीन अपराधियों को आठ हथियारों और दो सौ पचास कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है सारण के पुलिस अधीक्षक हरकिशोर राय ने बताया है कि पुलिस ने लंबे समय से फरार नक्सली राम दुलार भगत को उसके गांव मोहम्मदपुर से गिरफ्तार कर लिया है पूर्वी चंपारण के अरेराज में तीन व्यवसायियों से रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने पांच अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया है सीतामढ़ी जिले के रुन्नीसैदपुर प्रखंड के तिलक ताजपुर गांव में लगभग दो करोड़ की लागत से बने पुल का उद्घघाटन सांसद रामकुमार शर्मा ने किया

महाअष्टमी के मौके पर माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की हुई विशेष पूजा अर्चना